प्रधानमंत्री लालकिले से फहरायेंगे राष्ट्रीय ध्वज

इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भतीजे चंद्र कुमार बोस और संस्कृति मंत्री महेश शर्मा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे

वे भारत की निर्वासित अस्थायी सरकार के राज्याध्यक्ष थे

निर्वाचन आयोग राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रॉग रूम का निर्माण कराया जा रहा है

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी जिलों में इसके लिये जमीन का आवंटन कर दिया गया है और कई जिलों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है लोक निर्माण विभाग को सभी जिलों में नोडल ऐजेन्सी बनाया गया है

विमान इंटरनेट नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि केन्द्र सरकार घरेलू उड़ानों में यात्रियों को इण्टरनेट सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है श्री प्रभू ने कल टवीट कर कहा कि सरकार इस दिशा में नियम संबंधी मामलों पर ध्यान दे रही है ताकि यात्रियों को जल्द ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के प्रति कटिबद्ध है गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग ने भारतीय वायुक्षेत्र में उड़ान के दौरान डाटा सर्विस देने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा है आयोडीन दिवस विश्व आयोडीन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में भी जागरुकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं इस मौके पर आयोडीन की कमी दूर करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया किया जा रहा है और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताया जा रहा है कार्यक्रमों के दौरान लोगों को आयोडीनयुक्त नमक लेने के प्रति जागरुक किया जा रहा है इंदौर मैराथन इंदौर जिले में आगामी विधानसभा निर्वाचन में मतदान के लिये मतदाताओं को जागरूक करने के लिये लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

इस मैराथन दौड़ के सुव्यवस्थित आयोजन के लिये कलेक्टर निशांत वरवड़े ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपे है भाजपा टिकिट पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अरुण जेटली तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए वहीं केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेन्द्र सिंह तोमर का कहना है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने के अन्त तक भाजपा उम्मीदवारों के नाम तय हो जायेंगे उन्होंने भोपाल में कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि टिकट देते समय पार्टी सभी वर्गों का ध्यान रखेगी बताया जाता है कि अधिकतर सीटों पर भाजपा ने अपने अंदरूनी सर्वे के बाद उम्मीद्वारों के नाम तय कर लिए हैं फिलहाल इस सूची को केन्द्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया है प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किये जा रहे हैं ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं निर्वाचन वीडियोग्राफी केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने की गतिविधि को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीद्वारों एवं उनके समर्थकों द्वारा मोबाइल पर भेजे जाने वाले एसएमएस और वायस एसएमएस को जारी करने से पहले एम सी एम सी समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य कर दिया है वहीं राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियोग्राफी की जायेगी वीडियोग्राफी के बाद तैयार सीडी और मैमोरी कार्ड प्रतिदिन के आधार पर सील कर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराया जायेगा और जरूरत होने पर इसे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध कराया जायेगा भोपाल संभाग मे होने वाली वीडियोग्राफी की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभारी अधिकारी और कैमरामेन की होगी चल समारोह भोपाल सहित प्रदेशभर में कल से शुरू हुआ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन का सिलसिला आज भी जारी है पूरी रात शहर की सड़कों पर चल समारोह निकालते रहे इसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था को परिवर्तित किया गया राजधानी में अलग अलग रास्तों से दुर्गा प्रतिमाओं को भारत टॉकीज चौराहे पर लाया गया और विसर्जन के लिए प्रेमपुरा घाट तक लाया जा रहा है इस दौरान शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं राज्य के अन्य हिस्सों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि वहां भी विसर्जन का दौर रात भर चला

मोहम्मद इरफान ने पहले क्वार्टेर में पाकिस्तान को शुरूआती बढ़त दिलाई लेकिन मनप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में स्कोर बराबर कर दिया मनदीप ने आखिरी क्वार्टर में भारत को बढ़त दिला दी और दिलप्रीत सिंह ने तीसरा और अंतिम गोल दागा इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज की

टूर्नामेंट में भारत आज जापान से और अगले सप्ताह मलयेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ खेलेगा

जिले की छह विधानसभा सीटों पर कुल चौदह लाख पिचासी हजार से ज्यादा मतदाता मतदान कर सकेंगे

प्रधानमंत्री लालकिले से फहरायेंगे राष्ट्रीय ध्वज